उन्होंने कहा कि युवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए हैं नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रोनिक सेंटर तक चलने वाली मैट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिये प्रदेश के खुर्जा में और बिहार के बक्सर में एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट क्षमता वाले ताप बिजली घर की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक सभा को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नोएडा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का मुख्य केन्द्र बन गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं रोजगार के नए अवसरों से है मेरा देश मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है आगे बढ़ रहा है नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है

श्री मोदी ने कहा कि जेवर में एक बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जिससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेज गति से प्ररा किया जा रहा है और इससे नोएडा की एयर कनेक्टिवीटी दूसरे शहर से जुड़ जाएगी मैं समझता हूं जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए एक स्वर्णिम अवसर ले करके आएगा

इसके अलावा मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों आशा कार्यकत्रियों और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है कल लखनऊ में देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिये गये आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में एलोपैथिक डाक्टरों के प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एनपीए अब मूल वेतन का बीस फ़ीसदी निर्धारित किया गया है हालांकि मूल वेतन और भत्ते की कुल सीमा को बढ़ाकर दो लाख सैतीस हजार पाँच सौ रूपये कर दिया गया है पहले यह सीमा पच्चासी हज़ार रूपये प्रतिमाह निर्धारित थी मंत्रिमंडल ने परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का मानदेय एक हज़ार से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है

इस फैसले से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे चार लाख रसोइयों को फ़ायदा मिलेगा

मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के मुताबिक कानपुर मेरठ अयोध्या और बांदा में संचालित राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्षीय वर्ग के लिए सातवे वेतनमान की सिफारिशें एक जनवरी दो हजार सोलह से प्रभावी की गयी है जबकि एक फरवरी दो हजार उन्नीस से इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान किया जायेगा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फ़सल बीमा को वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस तथा आगामी वर्षो के लिए खरीफ़ व रबी की मौसम में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है

इनमें से दो राजकीय बालिका इण्टर कालेज वाराणसी के पचरांव गाँव और चन्दौली के कैथी में बनाय जायेंगे जबकि जिले के नियामताबाद में एक राजकीय इण्टर कालेज बनेगा

उन्होंने कहा कि इन कालेजों क खुल जाने से स्थानीय बालक और बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह हादसा आज सुबह उसराहार इलाके में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उस समय हुआ जब लखनऊ की तरफ जा रही एक तेज़ रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े एक डम्पर से टकरा गयी कार में सवार सभी लोग वाराणसी के रहने वाले थे

संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव जीतेन्द्र कुमार ने बताया है कि यह पुरस्कार लखनऊ निवासी उस्ताद युगान्तर सिन्दूर और कानपुर के रहने वाले उस्ताद अफ़ज़ाल हुसैन निज़ामी को दिया जायेगा यूगान्तर सिन्दूर आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र से सम्बद्ध हैं और वरिष्ठ कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं

विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कानूनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति गठित की है

समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी

यह कमी तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है

और हर साल आठ सौ करोड रुपये की बचत होगी

दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों ने प्रमुख रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर बातचीत की इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े उद्योगों वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी विचार विमर्श किया गया

इस अवसर पर उन्होंने बागपत के चौमुखी विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि इस इलाके में मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना भी आने वाले दिनों में साकार होगा

उन्होंने कहा कि दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर जल्दी ही ट्रेनों की संख्या बढ़ायी जायेगी